इस समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है यह समिति विभिन्न वर्गो से चर्चा और सुझावों के आधार पर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगी पत्रकार सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के लिए लागू स्वास्थ्य और दुघर्टना बीमा योजना के तहत चार लाख रूपये तक के नकदीरहित इलाज की व्यवस्था करने की घोषणा की है

उन्होंने कल मुख्यमंत्री निवास में आयोजित पत्रकारिता सम्मान समारोह में कहा कि पत्रकारिता असाधारण और चुनौतीपूर्ण कार्य है उनकी सरकार सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारों की भूमिका का सम्मान करती है

राष्ट्रपति यहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंति पर होने वाले समरसता सम्मेलन में शामिल होंगे संभाग आयुक्त संजय दुबे और कलेक्टर निशांत वरवड़े ने कल महू पहुॅचकर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये वकील हड़ताल प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने और वकील सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर शुरू की गई वकीलों की राज्यव्यापी हड़ताल समाप्त हो गयी है उच्च न्यायालय द्वारा वकीलों से अदालती कामकाज पर लौटने की अपील के बाद हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा की गई मांगों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि वकीलों की अधिकांश मांगे राज्य सरकार से संबंधित है जो मांगे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं उनपर शीघ कार्यवाही की जायेगीं

इस के साथ ही अलग हॉल मे अपशिस्ट प्रबंधन पर महापौरों की चर्चा भी जारी है

समिट में उपस्थित महापौरों के हस्ताक्षर के बाद विश्व इसे इंदौर घोषणा पत्र के नाम से जानेगा

पुलिस अधीक्षक टीकेविधार्थी ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ कड़ी वैघानिक कार्यवाही के निर्देश दिये है

इस दौरान छायाचित्र प्रदर्शनी व्याख्यान और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी पन्ना में मारतीय चित्रकला में रामकथा ग्वालियर में मीम बेटिका के शैल चित्र भिण्ड में कांस्य प्रतिमाओं का संसार इंदौर में मध्यप्रदेश की पुरा सम्पदा की छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी वहीं रीवा और जबलपुर में व्याख्यान सागर मंडला विदिशा ओरछा और मंदसौर में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ